कल रात ईद के चांद के ऐलान के बाद अजमेर दरगाह शरीफ के पीछे पीर साहब की पहाड़ी से तोप चलाई गई और दरगाह परिसर में सादियाना बजाकर खुशियों का ऐलान किया गया आज सूबह जन्नती दरवाजा भी खोला गया ईद के अवसर पर अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के साथ ही प्रदेशभर की मस्जिदों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज सुबह ईद की नमाज अदा की और अल्लाह से अमन और चेन की दुआ मांगी युवाओं और बच्चों में ईद मनाने के लिए ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाईयां दी जा रही है घरों में पकवान और सिवईयों की भिठास घुल रही है बाजारों में ईद के पर्व को लेकर रौनक छाई हुई है मुस्लिम बहुल इलाकों में द्वकानों पर पिछले कई दिनों से चहल पहल बनी हुई है राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है पूर्व मुख्यमंत्री और ँ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने भी इस मौके प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है

उदयपुर में आयोजित संभाग स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती के मुख्य समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड भाग ले रहे है इससे पहले मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सर्व समाज औरं सामाजिक संगठनों द्वारा प्रष्याजंलि अर्पित की गई प्रष्पांजलि के बाद चेतक सर्कल चौराहे से भव्य शोभायात्रा निकाली गई राजसमंद में हल्दीघाटी खमनोर में तीन दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण अंचल के आदिवासी समाज के प्रतिभागियों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इससे पहले सुबह रक्त तलाई पर शहीदों को पुष्प अर्पित किये गये रक्त तलाई से शाही बाग तक शोभायात्रा निकाली गई बांसवाड़ा में भी शोभायात्रा निकाली गई प्रताप जयंति की पूर्व संध्या पर कल बांसवाड़ा के कुशल बाग में कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया इधर जयपुर में आज वाहन रैली निकॉली जायेगी इसके बाद सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा

श्री सिंह से कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने मुलाकात कर इन विस्थापितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को और तेज तथा सरल करने का आग्रह किया था इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दू विस्थापितों के नागरिकता संबंधी मुद्दों पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्दी निर्णय करेगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

प्रलिस ने कोटा शहर में भी वाहन चोरी की वारदात करने वाले दो गिरोहों के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है

पुलिस नाकाबंदी कर इनकी तलाश कर रही है

आवेदनों की छटनी के बाद सही पाये गये आवेदको की लिखित परीक्षा जुलाई में ली जायेगी पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने बताया कि लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्दी ही ऑनलाइन जारी किए जाएंगे